तमिलनाडु के माइलादुतुरई पेराम्बलूर शिवगंगा थेणी और विरूधनगर के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वीडियो काफ्रेंसिंग से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा बांटो और राज करो की नीति पर नहीं चलती श्री मोदी ने कहा कि मौकापरस्त गठबंधन और परिवारवादी दल अपना साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं जबकि भाजपा लोगों के हाथ मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहेगा क्योंकि उसके पार्टी कार्यकर्ता लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं उन्होंने कहा कि तमिलनाड् अपने कपड़ा उद्योग के लिए मशह्र है और उनकी सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कारोबारी सुगमता का लाभ केवल बड़ी कंपनियों को नहीं बल्कि सूक्ष्म लघ् और मझोले उद्यमों तथा छोटे कारोबारियों को भी भिलता है

इस सप्ताह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पारित होने के बाद एक सौ चौबीसवां संविधान संशोधन विघेयक दो हजार उन्नीस राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था यह अधिनियम सरकार द्वारा बाद में घोषित तिथि से लागू होगा

ग्रू गोबिन्द सिंह जी का जन्म सोलह सौ छाछठ में पटना साहिब में हुआ था और वे दसवें सिख गुरूओं में आखिरी थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने गुरू गोबिन्द सिंह जी की जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित करते हुए कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी ने अपना जीवन लोगों की सेवा तथा सत्य न्याय और करूणा के लिए समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रु गोबिंद सिंह जी की जयंती पर नई दिल्ली में साढ़े तीन सौ रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया सिक्का जारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि गुरू गोबिंद सिंह जी कमजोर वर्गो के लिए सतत संघर्ष करते रहे श्री मोदी ने कहा कि गोविंद सिंह जी के व्यक्तित्व में अनेक विधाओं का संगम था वो गुरू तो थे ही भक्त भी श्रेष्ठ थे वो जितने अच्छे योद्वा थे उतने ही बेहतरीन कवि और साहित्यकार भी थे प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के प्रयासों के कारण करतारपुर गलियारे का निर्माण किया जा रहा है जिससे श्रद्वालु अब करतारपुर जाकर अरदास कर सकेंगे

दो हजार उन्नीस लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को शामिल किये दिना समाजवादी पार्टी और बहजन समाज पार्टी के गठबंधन किए जाने की घोषणा के बाद राहल गांधी र्न दुबई में यह बात कही उधर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव गुलाम नबी आजाद और प्रदेश कांग्रेस समिति के अय्यक्ष राज बब्बर ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कॉप्रेस दो हजार उन्नीस लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ेगी श्री आजाद ने इन आरोपों को खारिज किया कि कांग्रेस ने गरीबों दलितों अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने कहा कि कई ट्कड़ों में बंटे देश को एकजुट करने का काम कांग्रेस ने ही किया था

कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने श्रद्वालुओं की सुविधाओं के लिये विशेष व्यवस्थाएं की हैं बत्तीस सौ हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस वृहद आयोजन में लगभग बारह करोड़ लोगों के आने का अनुमान है पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने की दृष्टि से इसे बीस सेक्टरों में बांटा गया है प्रत्येक सेक्टर में सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ एक मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बार आयोजकों ने यमुना और गंगा नदी के किनारे श्रद्वालओं के लिए सभी सुक्विाओं से सुसज्जित एक समर्पित टन्ट्स सिटी बनाई है इन टेन्ट में फाइव स्टार होटलों की सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद है

इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि संस्कृति राष्ट्र की आत्मा होती है लोक कला लोक परम्परा और संस्कृति को प्रोत्साहित करना ऐसे महोत्सवों का उददेश्य होता है

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है गम्मीर रूप घायल बारह लोगों को इलाज के लिए कानपुर के हैलेट अस्पातल भेजा गया है